राज्य सरकार ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुयी सड़कों और पुल पुलियों की मरम्मत के लिये केंद्र सरकार से दो हजार करोड़ रूपये की मांग की है इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट केंद्र को भेज दी गयी है रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ के कारण प्रदेश की तीन हजार चार ग्रामीण सड़कें और छप्पन पुल क्षतिग्रस्त हुये हैं क्षतिग्रस्त सड़कों की लंबाई लगभग तीन हजार किलोमीटर है सबसे अधिक मधुबनी में पांच सौ उनतीस सड़कों को नुकसान हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि वर्ष दो हजार बीस में होने वाली दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा नये पैटर्न पर होगी बोर्ड ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी सीबीएसई ने कहा है कि नये पैटर्न के तहत प्रश्न पत्रों में दीर्घउत्तरीय प्रश्नों की संख्या घटेगी और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ायी जायेगी साथ ही सभी विषयों में बीस अंकों का प्रायोगिक और आंतरिक मूल्यांकन भी होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट नीट और जेईई मेन समेत अन्य परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है नेट का आयोजन दो दिसंबर से छह दिसंबर के बीच होगा वहीं जईई मेन का आयोजन अगले साल छह से ग्यारह जनवरी के बीच और नीट का आयोजन तीन मई को होगा विशेष जानकारी एनटीए डॉट एसी डॉट इन पर उपलब्ध है उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अब तक पचासी प्रतिशत राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है आकाशवाणी से विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि जून दो हजार बीस तक एक राष्ट्र एक कार्ड योजना पूरे देश में लागू कर दी जाएगी

केंद्र सरकार ने सबका विश्वास लंबित कर विवाद निपटारा योजना दो हजार उन्नीस की अधिसूचना जारी कर दी है यह योजना इस वर्ष पहली सितम्बर से शुरू होकर इकतीस दिसम्बर तक जारी रहेगी योजना का मकसद छोटे करदाताओं को कर विभाग में लम्बित विवादों से राहत दिलाना है सरकार ने करदाताओं और अन्य सम्बद्द पक्षों से इस योजना का लाभ उठाकर एक नयी शुरूआत करने की अपील की है इस योजना के दो मुख्य भाग विवाद निपटारा और करों के बकाया में राहत तथा ज़र्माने से माफी है निजी क्षेत्र के पेंशनधारकों द्वारा पेंशन की एक तिहाई राशि लेने के पंद्रह साल के बाद पूरी पेंशन मिलने लगेगी कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इससे लगभग छह लाख तीस हजार उन पेंशनधारकों को फायदा होगा जो वर्ष दो हजार नौ में सेवानिवृत हो चुके थे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से हर महीने दो हजार रूपये तक के मोबाईल और डीटीएच जैसे बिल के भुगतान पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा रिजर्व बैंक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इस दायरे में ई वैलेट भी आयेंगे नई व्यवस्था एक सितंबर से प्रभावी होगी राज्य सरकार हरेक गांव के अपराधियों का डाटा तैयार करवायेगी प्रलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने इस संबंध में सभी थानों को निर्देश दिया है श्री पाण्डेय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दो सप्ताह में डाटा तैयार करने का निर्देश दिया उन्होंने जमानत पर छूटे अपराधियों पर विशेष नजर रखने का भी निर्देश दिया साथ ही पुलिस महानिदेशक ने हथियार के लाईसेंस की जांच के भी आदेश दिये हैं घर का कोई भी सदस्य यदि अपराधी होगा तो लाईसेंस रद्द कर दी जायेगी उन्होंने फील्ड के अधिकारियों को हरहाल में अपराध पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिये जमीन चिन्हित करने के वास्ते आज से ड्रोन सर्वेक्षण शुरू होगा यह काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम करेगी सर्व का काम पंद्रह अक्टूबर तक चलेगा एके सैंतालीस राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में मोकामा के निर्दलीय विधायक अंनत सिंह अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं एसआईटी की ग्यारह टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिये बिहार और झारखण्ड के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है नेपाल भागने की आशंका को देखते हुये बिहार पुलिस नेपाल पुलिस के संपर्क में भी है साथ ही सीमावर्ती जिलों के थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है इस बीच विधायक ने एक और वीडियो जारी कर कहा है कि वे पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करेंगे वे जल्द ही न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन में मुजफ्फरपुर जिला प्रदेश में अव्वल रहा है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट साउंड बाईट मुजफ्फरपुर जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इस साल जून महीने के अंत तक तीन लाख संतावन हजार चार सौ इक्कीस पात्र परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मिल चुका है

मध्रबनी रेलवे स्टेशन पर बनी मध्रबनी पेंटिंग को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है सत्ताईस सितंबर को आयोजित होने वाले एक समारोह में इससे जुड़ा प्रमाण पत्र दिया जायेगा और कलाकारों को सम्मानित किया जायेगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नंदग्राम में सीवरलाईन में कनेक्शन कर रहे समस्तीपुर के पांच मजदूरों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि जहरीली गैस की चपेट में आने से यह हादसा हुआ मृतक मजदूर समस्तीपुर के सिंहिया थाना क्षेत्र के पंचाशाला गांव के रहने वाले थे स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के निकटतम परिजनों को दस दस लाख रूपये सहायता राशि देने की घोषणा की है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज धार्मिक और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है आज गृहस्थ आश्रम के लोग त्योहार मना रहे हैं जबकि वैष्णव संप्रदाय और साध्र संत कल त्योहार मनायेंगे कृष्णाष्टमी को लेकर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि इस अवसर पर कई जगहों पर शोभायात्रा का आयोजन किया जा रहा है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं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 दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है बैक का सिस्टम हमलोगों की बातों पर नहीं देता है ध्यान प्रभात खबर लिखता है सीबीएसई ने दी जानकारी नये पैटर्न पर ली जायेगी दसवीं और बारहवीं की परीक्षा दैनिक भास्कर की सुर्खी है पीएम मोदी यूएई में रूपे कार्ड लाँच करेंगे राष्ट्रीय सहारा लिखता है अजय कुमार भल्ला गृह सचिव नियुक्त आज की सुर्खी है पटना का अशोक राजपथ होगा फोरलेन